प्रदेश के हर गांव को एम्बुलैंस सड़क सुविधा से जोड़ेगी राज्य सरकार मौसम राजधानी शिमला सहित अन्य पर्वतीय इलाकों में कल रात हुए भारी हिमपात व निचले मैदानी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है कई इलाकों में सड़क बिजली संचार व पेयजल आपूर्ति बाधित रही हालांकि कई इलाकों में आज मौसम साफ रहने पर जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास युद्धस्तर पर जारी हैं जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बीते दो दिन में भारी बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक बर्फबारी के बाद आज मौसम खुलते ही हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है स्पिति उपमण्डल में सड़क से बर्फ हटाने के कार्य में लगे लोकनिर्माण विभाग का डोजर पर हिमखण्ड गिरने से इसका चालक घायल हो गया जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्र में ईलाज चल रहा है काजा लंगचा सड़क में भी हिमखण्ड गिरने से डोजर बर्फ में दब गया है लाहौल घाटी के गोंदला के समीप शैल्टू में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक भवन में चार लोग दब गए जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया उपायुक्त अश्विनी कुमार चौधरी ने हिमस्खलन को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है इससे लाहौल घाटी में बिजली व संचार व्यवस्था बाधित है किन्नौर व चम्बा जिलों में भारी हिमपात से यातायात व बिजली आपूर्ति बाधित हुई है

सोलन जिले में उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से आधा दर्जन सम्पर्क मार्ग अवरूद्व हैं और तेज तुफान व ओलावृष्टि से किसानों की मटर सहित अन्य नकदी फसलों को नुकसान हुआ है कुल्लू जिले में बर्फबारी से कई अंदरूनी मार्ग बंद है और कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था अवरूद्व है

उन्होंने लोगों को खराब मौसम में घरों में ही रहने की सलाह दी हैं राजधानी शिमला में एक फुट से अधिक हिमपात दर्ज किया गया जिससे शहर के सभी अंदरूनी सड़क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा अनेक स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाघित रही जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा भारत तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग क्फरी और नारकंडा में अवरूद्व होने पर उपरी क्षेत्रों का सम्पर्क शिमला से कटा हुआ है मौसम विभाग ने उंचाई वाले कुछ स्थानों पर आज वर्षा या हिमपात जबकि निचले इलाको में वर्षा की सम्भावना जताई है विभाग के अनुसार कल प्रदेश में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज शिमला में भारी बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने अधिकारियों को हिमपात से प्रभावित सभी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए जाने वाले सड़क मार्गो को प्राथमिकता के आधार पर खोलने को कहा ताकि रोगियों को परेशानी न हो

उन्होंने बताया कि राज्य के कई भागों में बिजली आपूर्ति भी बुरी तरह चरमराई हुई है जबकि अधिकांश जिला मुख्यालयों में इसे बहाल कर दिया गया है

हंसराज इधर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिले में हुए भारी हिमपात में चिंता जताते हुए लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के साथ है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए सक्षम है अनुराग ठाकुर सांसद अनुराग ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश अंतरिम बजट को सभी वर्गों को लाभान्वित करने और देश के विकास को नई दिशा देने वाला बताया है बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का प्रयास बताया अनुराग ठाक्र ने कहा कि वित्त मंत्री पियूष गोयल ने देश के हित में ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसका सभी वर्गों को फायदा मिलेगा उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में भविष्य के न्यू इंडिया की तस्वीर दिखाई दी है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी बाधाएं पार कर आगे बढ़ रहा है

प्रश्नकाल प्रदेश में उठाऊ पेयजल योजनाओं के लिए बिजली की व्यवस्था ठेकेदार करेंगे और इस शर्त को टैंडर में ही जोड़ दिया जाएगा शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने विधायक बलवीर सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं में विभाग के ठेकेदार ही पांच साल तक बिजली का संचालन भी करेंगे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड समय पर ट्रांसफार्मर और लाइनें नहीं बिछाता है इस कारण पेयजल योजनाएं समय पर आरंभ नहीं हो पाती है

बावजूद इसके बिजली बोर्ड ने लाइनें नहीं बिछाई इससे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी दखल देने की मांग की सिंचाई मंत्री ने कहा कि पंप हाउसों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा जिससे बिजली लाईनों के लिए सामान की आपूर्ति करने में आसानी होगी विधायक राजेंद्र गर्ग और कर्नल इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा कि पब्बर और सीर खड्ड के तष्टीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा

विधायक आशा क्मारी की गैरमौजूदगी में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा पूछे गए चंबा मैडिकल कॉलेज के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि सरकार ने एमसीआई के सभी मापदंडों को पूरा कर लिया है उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री इसकी नींव रखेंगे विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुरेश भारदाज ने कहा कि सरकार की अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि स्कूल से निकलने वाले मोती आने वाले समय में अपने पुराने स्कूलों को संवारेगें

विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं और इससे घबराने की जरूरत नहीं हैं विधायक जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया था कि अस्पतालों में टेस्ट की रिपोर्ट के लिए सात दिन इंतजार करना पड़ रहा है संकल्प चर्चा राज्य सरकार प्रदेश के हर गांव को एम्बुलैंस सड़क की सुविधा से जोड़ेगी और सड़कों की ग्णवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा विधायक अनिरूद्व सिंह द्वारा सड़कों का एकमुश्त निपटारा करने के लिए नीति बनाने के लिए लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में आज विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सड़क सुविधा से वंचित गांवों में सड़कों का निर्माण कार्य मनरेगा में कनवरजेंस के माध्यम से किया जाएगा

भाजपा बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की एक बैठक पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई राष्ट्रीय सचिव व लोकसभा चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र भी बैठक में मौजूद रहे बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुटता के साथ कार्य रही है तीर्थ सिंह रावत ने कहा कि ब्रथ जीता चुनाव जीता कार्यक्रम के तहत भाजपा ने पिछले साढ़े चार वर्षो में भाजपा ने त्रिदेव व पन्ना प्रमुख कार्यक्रमों से संगठन को मज़बूत किया है

हरोली के पुलिस उप अधीक्षक कुलविन्द्र सिंह ने बताया कि हाईड्रोजन के खाली सिलेंडरों से भरे ट्रक के बेकाबू होने से ये हादसा हुआ है मांग पांगी भाजपा मण्डल के महासचिव राजेन्द्र ठाकुर और पंचायत समिति मिंधल की सदस्य कमला शर्मा ने घाटी के सभी हैलीपैड के लिए हैलीकॉप्टर की एक एक उड़ान जल्द करवाने की सरकार से मांग की है उन्होंने कहा है कि घाटी में भारी बर्फबारी के चलते यहां से बाहर जाने के लिए हवाई उड़ाने ही एकमात्र साधन है